श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक दृष्टिकोण के अनुरूप इन संशोधनों से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा को भी महत्व मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि से जुड़े दोनों विधेयकों के पारित होने पर बधाई देते हुये इसे ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये बेहद महत्वपूर्ण हैं

उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े इन सुधारों से किसानों को उपज बेचने के नये अवसर मिलेंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी

संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा है कि भरतपुर और करौली जिले के मासलपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाएंगे ताकि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के साथ युवाओं को रोजगार मिल सके कल जयपूर में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और रीको की पुरानी जमीनों के लिए नई संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा उन्होंने कहा कि इन जिलों में औद्योगिक विकास से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा अजमेर जिले के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन और आरती श्रद्वालु जल्द ही ऑनलाइन कर सकेंगे इसके लिए मंदिर की वेबसाइट के साथ ही एक एप लॉन्च किया जाएगा अजमेर की संभागीय आयुक्त डॉ आरुषि मलिक ने बताया कि वेबसाइट पर मंदिर में रोज होने वाली पूजा के साथ ही पुष्कर के घाटों और अन्य धार्मिक स्थलों सहित अन्य जानकारी भी होगी राज्य में आज और कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें